निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं के चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन पर विचार के लिए निर्वाचन आयोग की एक बैठक आज नई दिल्ली होगी निर्वाचन उपायुक्त चंद्र भूषण कुमार ने कल दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी के संबंध में चर्चा की जाएगी

भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के भडोलियां और रेणुका विधानसभा क्षेत्र के नौहराधार में जनसभाओं को संबोधित करेंगे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर धर्मपुर के विभिन्न स्थानों पर जन संवाद कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे इसी तरह कांगड़ा से पार्टी प्रत्याशी किशन कपूर कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र जबकि मंडी से उम्मीदवार रामस्वरूप शर्मा नाचन विधानसभा क्षेत्र और शिमला लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी सुरेश कश्यप कसौली के विभिन्न स्थानों पर होने वाले जनसंपर्क अभियान में भाग लेंगे दूसरी ओर शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार धनीराम शांडिल आज सिरमौर जिले के हरिपुर धार व कुपवी में चुनाव प्रचार करेंगे इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर भी मौजूद रहेंगे वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह धर्मशाला में कांगड़ा से उम्मीदवार पवन काजल के लिए जन समर्थन मांगेंगे हमीरपुर से पार्टी प्रत्याशी रामलाल ठाकुर बिलासपुर में चुनाव प्रचार पर रहेंगे गडकरी वरिष्ठ भाजपा नेता व केंद्रीय नितिन गडकरी कल पहली मई को किन्नौर जिला के सांगला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे पार्टी के एक प्रवक्ता के अनुसार इस दौरान मंडी संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे

रैडकॉस राज्य रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा शिमला में जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है रैडकास सोसायटी के प्रदेश सचिव पीसी राणा ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के उपायों बारे जागरूकता लाना है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित दसवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम और लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है दसवीं की परीक्षा में हमीरपुर के अथर्व ठाकुर ने किया टॉप

दैनिक जागरण लिखता है अथर्व टॉप पर अर्श पर बेटियां आपका फैसला का शीर्षक है बेटियां फिर बेमिसाल परीक्षा परिणाम में कमाल

दैनिक भास्कर के अनुसार कांगड़ा से पवन काजल ने भरा नामांकन कहा जनता की आवाज को दिल्ली में बुलंद करूंगा

पेड़ कटान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार से मांगा जवाब दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है ऊना के बाथड़ी में अग्निकांड की घटना पर पंजाब केसरी लिखता है झुग्गियों में आग बच्ची जिंदा जली

आपका फैसला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है मोदी से बौखलाए विपक्षी नेता